मुख्यमंत्री ने यह बात कल शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तीन साल के कार्यकाल के दौरान राज्य का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित किया है इस बीच मुख्यमंत्री आज शिमला में नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में भाग लेंगे इसके अलावा वे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत स्थायी खाद्य प्रणाली तंत्र को लेकर सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे सरदार पटेल कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी प्ण्य तिथि पर भावभीनी श्रंद्वाजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रंद्धाजलि दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी राष्ट्रीय एकता व अखंडता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है

कटवाल ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं

उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुर्वेद महिला व बाल विकास और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की टीमें घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य संबधी जानकारी एकत्रित कर रही हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक हैं पांच जनवरी तक बढ़ा रात्रि कर्फ्यू सरकार पंचायत चुनाव को तैयार

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं पांच जनवरी तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू दैनिक जागरण के मुताबिक नहीं मिली ढील पांच जनवरी तक रहेंगी पाबंदियां हिमाचल दस्तक ने लिखा है जारी रहेंगी कोरोना की बंदिशें पंचायत चुनाव को हरी झंडी

पंचायत चुनाव को तैयार सरकार शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है चुनाव आयोग को भेजा जाएगा जवाब कोड ऑफ कंडक्ट की तैयारी दैनिक भास्कर लिखता है पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे कोरोना के मरीज लेकिन प्रचार में भाग नहीं लेंगे जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल सरकार तय समय में पंचायत व नगर निकाय चुनाव करवाने को तैयार किसानों के अनशन पर अमर उजाला ने लिखा है हिमाचल के किसान रहे आंदोलनकारियों के साथ प्रदेश भर में प्रदर्शन

दैनिक जागरण लिखता है टैक्स चोरी में शामिल उद्योगों पर कार्रवाई की तैयारी